मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा महाशक्ति के रूप में उमर रहा है भारत और विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है उत्तर प्रदेश प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय धान क्रय नीति दो हजार अट्ठारह उन्नीस को दी गयी मंजूरी केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा दावों के निपटारे में पिलम्ब करने वाले राज्यों और बीमा कम्पनियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को किया शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार वाराणसी का विकास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि इससे पूर्वी भारत के विकास के द्वार खुल सकें

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पूर्वी भारत के विकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रही है वाराणसी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन कल श्री मोदी ने पांच सौ सत्तावन करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य शहर के लिए बाहरी मागों के साथ ही नई सड़कों के निर्माण की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उनको विस्तार दिया जा रहा है वाराणसी हनुमना यानी नेशनल हाइवे नम्बर सेकन वाराणसी सुलतानपुर मार्ग वाराणसी गोरखपुर सेक्शन वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी सुंदर हो गया है और अब आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन अवसर पर सबकी नजरे काशी की ओर होगी उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराएं दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुम्म यहां काशी में लगने वाला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है तेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा काशी की गली गली नुक्कड़ चौराहे पर बनारस का रस बनारस का रंग बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले चार वर्षो में वाराणसी में अनेक सरकारी योजनाओं को लागू करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि भारत महाशक्ति के रूप में उमर रहा है और प्रदेश विकास की नई नई ऊँचाइयों को छू रहा है श्री योगी ने न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्ग दर्शन में कार्य करने का संकल्प लिया इन चार वर्षो में जिस गति से यह सब योजनाएं आगे बढ़ी है मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी के लोकप्रिय सांसद का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनन्दन स्वागत करता हूं

उत्तर प्रदेश और ये देश विकास की नई नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है भारत दूनिया के महाशक्ति के रूप में उमर रहा है इस विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब उनके मार्ग दर्शन में कार्य करने के प्रति अपने आपको संकल्पित करते है

उन्होंने कहा कि काशी क्षेत्र में पर्यटन सहित कई योजनाओं पर तेजी से काम किया गया है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांवी की डेढ़ सौंवीं जयंती के सिलसिले में प्रतीक चिन्ह और वेब पोर्टल का श्मारम किया यह प्रतीक चिन्ह भारतीय रेलवे एयर इंडिया के विमानों राज्य सरकारों की बसों सरकारी वेबसाइटों सरकारी विज्ञापनों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों में लगाया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चार विषयों पर सहमति प्रदान की गई मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्वांत को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत योजना व्यय से निर्माण होने वाली परिसम्पत्तियों को पुर्न परिमाषित किया गया जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्यारह क्षेत्र आच्छादित होंगे इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों राजकीय पालिटेक्निक विद्यालयों तथा राजकीय आईटीआई के भवनों का निर्माण स्वास्थ्य भवनों का निर्माण एवं विस्तार लघ् सिंचाई वनीकरण जल निकासी कार्यक्रम विद्युतीकरण एवं उसका विस्तार शहरों में प्रकाश व्यवस्था सड़कों का निर्माण तथा चौड़ीकरण सेत् का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में नये सड़कों का निर्माण एवं पुनः निर्माण न्यायालयों में चैम्बरों का निर्माण तथा अन्य पूंजीगत कार्य जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के निर्घारण को मंजूरी दी धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति कृत्तल निर्घारित किया गया है धान क्रय का लक्ष्य इस वर्ष पचास लाख मीट्रिक टन रखा गया है मंत्रिमंडल ने अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुम के दौरान मेला क्षेत्र में स्वच्छता से संबंधित बड़ी कार्य योजना को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविघा के लिए मेला क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने और कड़े के प्रबंधन की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत न्याय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कल स्वच्छता की शपथ दिलाई श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार के लिए स्वच्छता एक प्रतिबद्वता और मिशन है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाक्डेकर ने कहा है कि करीब छह लाख पचास हजार स्कूलों ने स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया वे कल नई दिल्ली में वर्ष उन्नीस सौ सत्रह अट्ठारह के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये पुरस्कार यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में निरंतर परितर्वन होता रहे केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जूर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है नये दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों को दो महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद दाये के निपटान में विलंब के लिए किसानों को बारह प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा जबकि राज्य सरकारों को तीन महीने की समय सीमा समाप्त होने पर राज्यों को मिलने वाली सब्सिडी का बारह प्रतिशत ब्याज देना होगा कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश पहली अक्तूबर से शुरू होने वाले रबी मौसम से लागू हो जाएंगे केन्द्र सरकार ने मुजफ्फरनगर शहर के लिए सीएनजी और पीएनजी गैस को मंजूरी दे दी है जिले के सांसद संजीव बालियान ने इस योजना पर काम करने वाली आईजीएल कम्पनी के अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी घोषणा की श्री बालियान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पीएनजी गैस एलपीजी गैस से काफी सस्ती पढ़ेगी पाइप लाइन के माध्यम से घरों के साथ उद्योगों और व्यवसायी प्रतिष्ठानों पर भी गैस उपलब्ध कराई जायेगी इससे पैसे की बवत होगी और प्रद्यण भी कम होगा उन्होंने बताया कि मई दो हजार उन्नीस से लोगों को सीएनजी और पीएनजी पाइप लाइन के माध्यम से गैस मिलना शुरू हो जायेगी